अरुणाचल प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार साठ सदस्य राज्य विधान सभा के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद एक सौ अट्ठानवें उम्मीदवार बचे है विधान सभा के लिए तेरह उम्मीदवार के पर्चे जांच के बाद रद्द हो गए है आलो से कांग्रेस उम्मीदवार मिंकी लोलेन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के केंतो जिनी का निर्विरोध चुना जाना तय है लोक सभा के लिए अरुणाचल वेस्ट लोक सभा सीट से भाजपा के किरेन रिजिजू पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी कांग्रेस से और पांच अन्य उम्मीदवार मैदान में है वहीं अरुणाचल ईस्ट लोक सभा सीट से पांच उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है मुक्तो विधान सभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अलावा कांग्रेस के थुपतेन कुनफेन उम्मीदवार है तुतिंग यिंगक्योंग विधान सभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग ने जनता दल एस और आलो लिबांग ने भाजपा से नामांकन दर्ज किया है सबसे अधिक लेकांग विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष ताकाम संजोय सहित आठ उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन इस बार लेकांग की जगह चौखाम से नामांकन भरा है ईटानगर विधान सभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक तेची कासो जे डी यू किपा बाबू बी जे पी यूमलम अचुंग कांग्रेस ताबा थोमस जे डी एस तेची तोली तारा ने एन पी पी उम्मीदवार के रुप में पर्चा भरा है अरुणाचल प्रदेश विधान सभा और लोक सभा उम्मीदवार अपना नामांकन अट्ठाईस मार्च तक वापस ले सकेंगे निर्वाचन अयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी मात्रा में धनराशि अवैध शराब मादक पदार्थ सोना और मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्री जब्त की है इनकी कीमत लगभग पांच सौ चालीस करोड़ रुपये आंकी गई है सबसे ज्यादा एक सौ सात करोड़ रुपये लागत की वस्तुएं तमिलनाडु में बरामद की गई हैं उत्तर प्रदेश में बरामद की गई इस सामग्री का मूल्य एक सौ चार करो ड़ रुपये और आंध्र प्रदेश में एक सौ तीन करोड़ रुपये है इधर अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया कि राज्यभर से जांच दलों द्वारा दो करोड़ सत्ताईस लाख रुपए जब्त किये गए है उन्होंने बताया कि सबसे अधिक पाप्रम पारे तिहत्तर लाख आठ हजार रुपए जब्त किये है श्री दारांग ने कहा कि दस लाख रुपए से अधिक जब्त किए गए चार मामलों को आयकर विभाग को जांच के लिए सौंप दिया गया है राज्य में ग्यारह अप्रैल को लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम दो हजार उन्नीस अधिसूचित कर दिया है इन नए नियमों से नई औषधियों और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी संबंधी नियामक व्यवस्था में बदलाव आएगा ये नियम सभी नई औषधियों मानव उपयोग के लिए नई दवाओं पर शोध नैदानिक परीक्षणों जैव संतुलन अध्ययन और नीतिगत समिति पर लागू होंगे नए नियमों में देश में औषधि निर्माण के लिए आवेदन मंजूरी का समय घटाकर तीस दिन और देश के बाहर नब्बे दिन कर दिया गया है सरकार के अनुमोदन से औषधि महानियंत्रक द्वारा उल्लिखित देशों में से किसी एक में किसी नई औषधि को मंजूरी और उसके विपणन की स्थिति में उसका स्थानीय नैदानिक परीक्षण जरुरी नहीं होगा असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश साहू ने बताया है कि लोकसभा चूनाव में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रबंध किये जायेंगे ताकि वे मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार का सुविधापूर्वक इस्तेमाल कर सके आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं को जरुरत के अनुसार आने जाने की सुविधा दी जायेगी इसके लिए मोबाइल ऐप की मदद से वाहन बुलाया जा सकता है साहू ने कहा कि दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में मतदान पर्ची दी जायेगी और साथ ही मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध होगी उच्चतम न्यायलय ने अगामी आम और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल वीवीपैट सैंपल सर्वे की संख्या एक से अधिक किए जाने के बारे में ब्रहस्पतिवार तक जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने इस बारे में ब्रहस्पतिवार शाम चार बजे तक जवाब पेश करने को कहा है पीठ का कहना है कि वो वीवीपैठ बढ़ाए जाने के पक्ष में है लेकिन इसका मतलब किसी पर आक्षेप लगाना नही बल्कि मतदाताओं को सत्रंष्ट करना है लोकसभा चुनाव में वीवीपैट सैंपल सर्वे की संख्या बढ़ाए जाने के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में इक्कीस विपक्षी नेताओं की इस याचिका की अगली सुनवाई पहली अप्रैल को होगी याचिका में कम से कम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में पचास प्रतिशत वोटिंग मशीन की वीवीपैठ स्लिप की जांच की जाए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 आज का अधिकतम तापमान इकतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया